गैर न्यायिक स्टैंप पेपर के लिए नई ई स्टैंपिंग योजना जबकि महिलाओं के उत्थान व सशक्तिकरण के लिए हिमाचल गृहणी सुविधा योजना शुरू करने का प्रस्ताव है कृषि और वन्य क्षेत्र के लिए घोषित नई योजनाओं में सिंचाई के लिए जल से कृषि को बल फलो इरीगैशन स्कीम व सौर सिंचाई योजना प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान बागवानी सुरक्षा योजना मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना हिमाचल पुष्प कांति योजना मुख्यमंत्री मधु विकास योजना वन समृद्धि जन योजना और सामुदायिक वन संवर्धन योजनाएं शामिल हैं पर्यटन क्षेत्र में विकास के लिए श्रेष्ठ शहर योजना और नई राहें नई मंजिलें योजना की शुरूआत का ऐलान किया गया है

सड़कों के सुधार के लिए हिमाचल सड़क सुधार योजना इसी तरह विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी वन मित्र योजना युवा विज्ञान पुरस्कार योजना मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र योजना अखंड शिक्षा ज्योती मेरे स्कूल से निकले मोती मेघा प्रोत्साहन योजना आज पुरानी राहों जैसी योजनाओं का प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने किया है धार्मिक पर्यटन के लिए देव भूमि दर्शन जबकि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के क्षेत्र में स्वास्थ्य में सहभागिता मुख्यमंत्री निरोग योजना मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना और सशक्त महिला योजना की घोषणा की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि भाजपा के दृष्टि पत्र को सरकार की विकास नीतियां लागू करने का मार्गदर्शक अभिलेख माना जाएगा

इन संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान भी उन्होंने किया है

मुफ्त दवा नीति के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त दी जाने वाली दवाईयों की संख्या बढ़ाने आईजीएमसी में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराने गंभीर बीमारियों से पीड़ित जरूरतमंद गरीब लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के गठन और मदर टैरेसा मातु आश्रय संबल योजना में मदद राशि बढ़ाकर पांच हजार रूपए करने का प्रस्ताव बजट में किया गया है